राजधानी ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से आगे आकर उद्यमी बनने को कहा राज्यपाल ने युवाओं से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने को कहा वहीं बॉयज फ़टबॉल चैंपियनशीप में अंजाव को हराकर अपर सुबनसिरी ने जीत हासिल की और लड़कियों की श्रेणी में कैपिटल कॉमप्लेक्स ने लोअर सुबनसिरी को हराकर जीत हासिल की देश भर में बढ़ रहे मादक पदार्थों के खतरों पर जागरुकता फैलाने के लिए कल ईस्ट सियांग जिले के मेबो सब डिविजन प्रशासन ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया बारह किलोमीटर के मिनि मैराथन दौड़ को मेबो के सहायक उपायुक्त हागे लाईलांग ने हरी झंडी दिखाई इस मैराथन दौड़ में करीबन सौ लोगों ने भाग लिया इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां कर ली गई है मुख्य समारोह कल नई दिल्ली राजपथ में होगा जहां राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगे इस वर्ष ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मेसियस बोल्सुनारो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे सोलह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तथा छह मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण हाल ही में शामिल किए सप चिनक और आपचे हेलीकॉप्टरों सहित सखोर्ड और अत्याधनिक इल्के हेलीकॉप्टरों का फ्लाई पास्ट रहेगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महिला दल का मोटर साइकिल प्रदर्शन और सशस्त्र सेनाओं अर्धसैनिक बलों दिल्ली पुलिस एनसीसी की ट्रकड़ियों तथा सेना के तेरह बैंड़स का मार्च भी आकर्षण का केंद्र रहेगा इस बीच किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकसठवीं कड़ी होगी इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा हालाकि आमतौर पर यह सुबह ग्यारह बजे प्रसारित होता है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि इस वर्ष का पहला मन की बात कार्यक्रम अत्यंत विशेष दिवस छब्बीस जनवरी को होगा उन्होंने कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार साझा करने को कहा था

कार्यक्रम के लिए सुझाव आज तक दिए जा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं कोरोना वायरस समक्रमण के लक्षणों की पहचान के लिए अब तक छियानवें उड़ानों के बीस हजार आठ सौ चवालीस यात्रियों की जांच की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल उन्नीस उड़ानों के चार हजार बयासी यात्रियों की जांच की गई अब तक देश में कोरोना वायरस के किसी संक्रमण का पता नहीं चला है मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा सात हवाई अड़डों के अलावा बारह और हवाई अड़डों के लिए यात्रा परामर्श जारी कर दिया गया है परीक्षण नमूनों की जांच के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पूणे में प्ररे प्रबंध किए गए हैं तीन अन्य प्रयोगशालाओं को भी परीक्षण के लिए तैयार रखा गया है दसवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज मनाया जा रहा है

इससे वर्ष भर की गतिविधियों के माध्यम से मतदाता शिक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को मजबत करने पर ध्यान केंटित किया जाएगा

यह दिवस पच्चीस जनवरी को स्थापित निर्वाचन आयोजन के स्थापना दिवस के अवसर पर मतदान केंद्रों जिला तथा राज्य मुख्यालयों सहित दस लाख से अधिक स्थानों पर देश भर में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं एक टवीट में श्री मोदी ने चुनावी प्रक्रिया को और अधिक उत्साहजनक तथा सहभागरिता बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए निर्वचन आयोग का आभार व्यक्त किया है